प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता प्रेम और शांति चाहते हैं बांग्लादेश के ओराकांडी में मौथुवा समुदाय को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी प्रगति के माध्यम से विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं बाइट भारत और बांग्लादेश दोनो ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं दोनो की देश दुनिया में अस्थिरता आतंक और अशांति की जगह स्थिरता प्रेम और शांति चाहते हैं यहीं मूल्य यहीं शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताएं सिद्ध कीं आज दोनों राष्ट्र मिलकर इस महामारी से द्रढतापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत अपना कर्तव्य समझता है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे बाइट कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनो ही देशों ने अपने इस सामर्थय को सिद्ध करके दिखाया है आज दोनो ही देश एक साथ मिलकर इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने ओराकांडी में कन्या माध्यमिक विद्यालयों में आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की

आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

श्री योगी ने कहा कि सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और निवेश से पिछले चार वर्षो के दौरान प्रदेश न सिर्फ़ विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है बल्कि देश के अन्य राज्यों से काफो आगे हो गया है प्रदेश सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों का जिक करते हुए श्री योगी ने कहा कि व्यवस्थित कार्यशैली की वजह से प्रदेश के सभी वर्गो के पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोलह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बना रही है इसमे महराजगंज भी शामिल है इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराये जा रहे हैं

उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान का लोकार्पण किया इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर का चिड़ियाघर पूर्वांचल का पहला चिड़ियाघर है उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड चार वर्ष में तैयार हुए इस चिड़ियाघर के रूप में लोगों को मनोरंजन और ज्ञानार्जन का साधन तो मिला ही है साथ ही क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी विस्तार मिला है

केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्यौहारों में भीड को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल सूनिश्चित करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में होली शब ए बरात और ईस्टर सहित अन्य पर्वो को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से सभी सावधानियां बरतने के लिए निर्देशित करने को कहा है श्री भल्ला ने यह भी कहा है कि इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाया जाये इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्या और केंद्रशासित प्रदेशों को त्यौहारों के दौरान एक स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने के बारे में उनकी संख्या की सीमा तय करने को कहा था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

प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश और उपाय जारी किये हैं

राज्य में नमूनों की जांच और टीकाकरण का काम जारी है

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों विशेषकर युवाओं से समाजवादी आन्दोलन को गति देने का आहवान किया है श्री यादव आज बाराबंकी स्थित मोहनलाल वर्मा डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यकम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री यादव ने समाजवादी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का अनावरण भी किया श्री यादव ने स्वर्गीय बेनी वर्मा के योगदान का जिक करते हुए कहा कि उन्होंने जीवनभर समाजवादी विचारधारा और मूल्यों का अनुसरण किया और समाजवादी आन्दोलन को निरन्तर धार देते रहे उन्होंने अपनी कार्यशैली और राजनीतिक कौशल से न सिर्फ़ बाराबंकी बल्कि प्रदेश की राजनीति को नये आयाम दिये

श्री यादव ने कहा कि नई पीढ़ी को स्वर्गोय वर्मा के विचारों और उसूलों से प्रेरणा लेनी चाहिए इस मौके पर पूर्व विधानसभाध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप वरिष्ठ सपा नेता शहाब ख़ालिद विधान परिषद सदस्य राजेश यादव सहित पार्टी के कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद थे कार्यकम का आयोजन पूर्व मंत्री राकेश कुमार वर्मा ने किया था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली भारत की सनातन परम्परा का प्रमुख पर्व है श्री योगी ने कहा कि होली का पर्व सभी को अधर्म और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है

प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाआ में पांच लोगों की मौत होगयी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये चित्रकूट ज़िले के राजपुर थाना क्षेत्र के पांडेपुरवा में कल देर रात तीन लोगों की उस समय मौत हो गयी जब एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया उधर कौशाम्बी के महवा घाट इलाके के टिकरा गांव में बालू से लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मृत्यु हो गयी मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ज़िले के ब्रह्मपुरी थाना इलाक़े में हथियार बनाने की एक फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी इसमें बनाये जाने वाले तमंचे पन्द्रह सौ से पांच हजार रूपये तक बेचे जा रहे थे साथ ही पिस्तौल बाइस से तीस हजार रूपये मूल्य तक बिक रहे थे विशेष कार्यदल और पुलिस ने किठौर और लिसाड़ी गेट में छापामारी के दौरान अवैध हथियार बड़ी मात्रा में बरामद किये हैं इस सिलसिले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार भी किया है